राज्य के लोगों के बीच प्रमुख राज्य और केंद्रीय फ्लेगशिप कार्यक्रमो पर जानकारी प्रदान करने के लिए दो महीने का व्यापक प्रचार इस अभियान के तहत चलाया जाएगा इस अवसर पर श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे उन्होंने कहा कि इन सेक्टरों को प्राथमिकता दी जाने पर अन्य सेक्टर भी तेजी से प्रगति करेंगा मुख्यमंत्री ने कहा की अरुणाचल राईजिंग अभियान लोगों और सरकार के बीच दुरियों को मिटाने का काम करेगा वही एक अन्य कार्यक्रम में मुख्य मंत्री ने जिले के चुबाम अंचल के मुख्यालय का उद्घाटन किया श्री खांडू ने इस अवसर पर कहा कि नव गठित मुख्यालय के श्रम शक्ति की कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा उन्होंने अंचल कार्यलय के लिए जल्द पदों का सृजन करने का भी आश्वासन दिया

ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में सोमवार की शाम एक भीषण आग दुर्घटना में बारह द्रकाने और नौ गोदाम जल गए दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नही है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यभर में बारमबार हो रहे आग दुर्घटना पर गहरी चिंता और पीड़ा जताई उन्होंने जिला प्रशासन से दुर्घटना में हुए नुकसान का आकलन कर नियम के मुताबिक पिड़ितों को राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया और साथ ही दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपने को कहा

यह त्योहार आदी के उप जनजाति बोह बोकार रामोह समुदाय के लोग मनाते है इस अवसर पर राज्यपाल ने आशा जताई है कि यह त्योहार अच्छी फसल समृद्धि और खुशिया लाएगी आकाशवाणी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई ने पापुम पारे ईस्ट कामेंग पाके केसांग कुरुंग कुमे क्रा दादी शी योमी सियांग लोअर सियांग लेपा रादा अंजाव लोहित चांगलांग लोंगडिंग नामसाई और कामले जिले के पार्ट टाईम कॉरस्पांडेंट के लिए आवेदन पत्र आमांत्रित किया है अधिक जानकारी के लिए केंडिडेट चार दिसंबर दो हजार अटठारह के अरुणाचल टाईम्स और इको ऑफ अरुणाचल समाचार पत्रों को देख सकते है

विदेश सचिव विजय गौखले और चीन के उप विदेश मंत्री कोंग जुआनयू ने नई दिल्ली में विचार विमर्श रखा दोनों पक्षों ने इस वर्ष के अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति षी जिनपिंग के बीच हुए भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों पर अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के प्रगति की समीक्षा की

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें बदलाव किए जाने की खबरें निराधार हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओडिसा का पारादीप बंदरगाह पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बन जाएगा वे आज भुवनेश्वर में ऊर्जा के क्षरण पर नियंत्रण से संबंधित तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश के पश्चिमी भाग की ही तरह प्रर्वी भाग की प्रगति भी आवश्यक है

यह उपग्रह देशभर में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नई पीढ़ी की तकनीकों के प्रयोग का मंच बनेगा

उन्होंने बताया कि अड़तीस स्पॉट बीम तथा आठ छोटी बीम हैं जो दूरदराज के क्षेत्रों समेत समूचे देश को कवर करेंगी

आज का अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया